सरपंच पद का चुनाव ईवीएम मशीन और पंच पद का चुनाव मत पत्रों से कराया जायेगा

बाड़मेर ग्रामीण थाने में हिरासत के दौरान दलित युवक की मौत के मामले में आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ शून्यकाल में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने इस मुद्दे को उठाते हुए मामले की सीबीआई जांच करवाने पीड़ित परिवार को एक करोड़ रूपये का मुआवजा देने तथा एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया ने भी हिरासत के दौरान होने वाली मौतों में पीड़ित परिवारों को सहायता देने संबंधी नियम बनाने की बात कही उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ऐसे मामलों में किसी पुलिस अधिकारी को सजा नहीं हुई इसलिए इसकी जांच किसी अन्य एजेंसी से करायी जाए विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोषी ने भी इस मुद्दे पर दखल देते हुए हिरासत में मौतों के मामले में पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए नियमों में बदलाव का आग्रह किया चर्चा के दौरान भाजपा सदस्यों ने बोलने का मौका नहीं देने के मुददे पर सदन में जमकर हंगामा किया

उधर बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि युवक के परिजनों ने अभी तक उसका शव नहीं उठाया है इस मामले में एडीजी रविप्रकाश मेहरड़ा और आईजी नवज्योति गोगोई की युवक के परिजनों से बातचीत भी हुई पर कोई नतीजा नहीं निकल सका युवक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी मुआवजा देने और परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग करते हुए धरने पर बैठे हैं

इस मामले में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज जोधपुर में कहा कि दलितों पर हो रहे शोषण के खिलाफ सरकार को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सिर्फ एक तबादला या एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा सरकार को एक राजनीतिक संदेश देने की जरूरत है

विधानसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि इस दुर्घटना की जांच संभागीय आयुक्त कोटा करेंगे और सात दिन में सरकार को रिपोर्ट देंगे उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के सभी पढ़ने वाले बच्चों को पालनहार छात्रवृति का लाभ तथा कॉलेज तक की पढाई तथा छात्रावास की सुविधा मुफ़त उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही पीड़ितों के परिजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंषन का लाभ भी दिया जायेगा आश्रित परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ तथा बालिकाओं के विवाह के लिये अनुदान भी दिया जायेगा इस बीच कोटा में हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आज मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कोटा का दौरा कर द्र्घटना में मारे गये लोगों के परिजनों से मुलाकात की इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी

उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिये ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किये हैं वहीं सांसद दिया कुमारी ने आज राजसमंद में कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात कर समाधान निकाला जाएगा

जयपुर जोधपुर और राज्य के पश्चिमी हिस्से में दिनभर सूरज की आंखमिचौली चलती रही कई इलाकों में तेज रफ्तार हवा के असर से मौसम में ठंडक महसूस हुई